उन्होंने कहा कि जब भी देश भर में नागरिक रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया श्रुरु होगी सभी धर्मों के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं है राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स की अध्यक्षता में नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पर राज्य सरकार द्वारा गठित परामर्श समिति ने कल सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों सी बी ओ छात्र और युवा संगठनों के साथ बैठक की बैठक में विचार विमर्श के बाद सभी ने एकमत होकर केंद्र सरकार को दो सूत्रीय प्रावधान की सिफारिशे भेजने का निर्णय लिया समिति की सिफारिशे है असमान रुप से नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार सोलह का विरोध जिसे बाद में नागरिकता विधेयक दो हजार उन्नीस के रुप में चिन्हित किया गया

मुख्यमंत्री पेमा खांड् ने कल ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के पहलें हिंदी दैनिक समाचार पत्र अरुण भूमि का शुभारंभ किया अरुण भूमि के टीम को बधाई देते हुए श्री खांडू ने राज्य में मीडिया के विकसित इतिहास में इस दिन को ऐतिहासिक और एक नया अध्याय कहा हिंदी को राज्य की भाषा के रुप में चिन्हित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बंधन है जो राज्य के विविध जनजातियों को जों विविध बोलियाँ बोलते है उन्हें एकजुट बांधे रखते है हिंदी में समाचार पत्र को शुरु करने के प्रयास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह लोगों के बीच के जंबंधा को और मज्जवत करेगा चांगलांग जिला उपायुक्त आर के शर्मा ने कल राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा चांगलांग जिले के लिए तैयार की गई क्षमता संबद्ध ऋण योजना दो हजार बीस इक्कीस का शुभारंभ किया नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक कमल रॉय ने बताया कि वितीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए प्राथमिक क्षेत्र के तहत कुल ऋण क्षमता लगभग पच्चीस सौ लाख रुपए अनुमानित की गई है राजधानी पुलिस ने बैंक के खाते से लाखों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में ग्रवाहाटी की एक बैंक शाखा के एक पूर्व उपप्रबंधक को गिरफ्तार किया है प्रलिस ने कहा कि कथित आरोपी लुहित पराजुली ने एक्सिस बैंक की ईटानगर शाखा के खाते से एक करोड़ रुपए का गबन किया और जब वह उपप्रबंधक के पद पर नियुक्त हुआ तो उसे अलग अलग खातों में स्थानांतरित कर दिया गया हालांकि बैंक प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों के त्वरित प्रयासों के कारण पचहत्तर लाख रुपये बैंक में वापस आ गए लेकिन शेष पच्चीस लाख रुपए पराजुली द्वारा ठग लिए गए जिन्होंने अपराध करने के बाद जल्द ही अपनी नौकरी छोड़ दी राजधानी पुलिस अधीक्षक तुम्मे अमो ने कहा कि बैंक के मानदंडो के अनुसार बैंक की छवि को बचाने के लिए बैंक कर्मचारियों द्वारा शेष राशि जमा की गई थी ईटानगर के आई जी पार्क में स्थित अरुणाचल प्रदेश साईंस सेंटर में आयोजित सत्ताईसवां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन में लोअर सुबनसिरी जिले के वी के वी जोरम की छात्रा जोरम नानु ने जीत हासिल की गत उन्नीस बीस नवंबर तक चले दो दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शित छियासठ परियोजनाओं में से शीर्ष दस परियोजनाओं को केरल के थीरुवनंथप्रम में आगामी सत्ताईस इकतीस दिसंबर तक होने वाले राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन का मुख्य विषय था स्वच्छ हरित एवं स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार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 आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पंद्रह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया